प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कारोबार सुगमता एक बड़ी चुनौती कार्यक्रम का शुभारंभ किया उन्होंने कारोबार सुगमता का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वृद्धि और विकास के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता है

श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश का काया कल्प करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिल कर काम कर रही है लखनऊ मे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मल्टीप्लैक्स और सिनेमा घरों को जीएसटी में राहत देने सहित दस अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि मल्टीप्लैक्स और सिनेमा घरों पर राज्य जीएसटी समाप्त कर दी गई है सीतापुर जनपद को बड़ी सौगात देते हुए यहां एक हजार पांच सौ पचास करोड़ रूपये लागत के ग्रीन फ्यूल उत्पादन प्लांट की स्थापना पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है यहां पांच सौ मैट्रिक टन गन्ने की खोई और गेहूं के कचरे से हरित ईंधन का उत्पादन किया जायेगा इससे एक साल में पांच सौ मेगावाट बिजली के अलावा पौने दो लाख लीटर ग्रीन फ्यूल का उत्पादन प्रति वर्ष होगा इस प्लांट में एक निजी कम्पनी डेढ़ हजार करोड़ से अधिक का निवेश करेगी इसके अलवा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पांच सौ मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाये जायेंगे जिससे तीन रूपये सत्रह पैसे से लेकर तीन रूपये तेइस पैसे प्रति यूनिट की दर पर बिजली प्राप्त की जा सकेगी एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चों में क्पोषण को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार मूख्यमंत्री सूपोषण घरों का निर्माण करेगी ये सूपोषण घर कुल दस जिलों में अट्ठाइस जगहों पर बनाये जायेंगे जहां नर्स सफाई कर्मी रसोइया और स्वास्थ्य सलाहकार मौजूद होंगे जो बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे हर सुपोषण घर पर छह बेड भी रहेंगे ताकि आपात स्थिति में बच्चों का इलाज भी किया जा सके

कल शाम मुम्बई में बोर्ड और सरकारी पक्ष के बीच हुई बैठक में यह भी फैसला किया गया कि रिजर्व बैंक का वित्तीय निगरानी बोर्ड बैंक की तात्कालिक सुधारात्मक कार्रवाई संरचना और आर्थिक पूंजी संरचना के तहत बैंक की वित्तीय स्थिति से जुड़े मुद्दों की जांच करेगा

उद्घाटन समारोह बाबोलिम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया जा रहा है

फीचर फिल्मों के प्रदर्शन की शुरुआत शाजी करुण निर्देशित मलयालम फिल्म ओल् से होगी इस बार का महोत्सव इस्राइल पर केंद्रित है और इसमें झारखंड पर विशेष ध्यान दिया जाएगा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान हरहाल में सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कल देर रात अपने सरकारी आवास पर चीनी मिलों के संचालन तथा गन्ना खरीद और भगतान के संबंध में आयोजित एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान समय पर कराने में तेजी लाई जाय उन्होंने कहा कि किसानों का हित और चीनी मिलों का सुदृढीकरण सरकार की प्राथमिकता है किसी भी स्तर पर किसानों का उत्पीड़न नहीं होने दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि इस वर्ष एक सौ इक्कीस चीनी मिलों का संचालन किया जाना है जिनमें से पच्चासी चीनी मिले शुरू हो गई हैं शेष मिलें पच्चीस नवम्बर तक गन्ना पेराई शुरू कर देंगी

शेष भुगतान शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा रहा है उन्होंने बताया कि बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सरकार द्वारा सरल ब्याज पर चार हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रदेश भर में एक महीने तक चलने वाले नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का शुभारम्भ किया महिलाओं को जाग्रत करने और सुविधायें प्रदान कर सशक्त बनाने का यह अभियान बीस दिसम्बर तक चलगा इस अभियान के अन्तर्गत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना विधवा पेंशन योजना बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अन्त्योदय योजना आयुष्मान भारत सहित अन्य योजनाओं का महिलाओं के लिए ठोस क्रियान्वयन किया जायेगा कायक्रम के अन्तर्गत महिलाओं से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जायेगी

नारी सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम का आज लखनऊ से हुआ सजीव प्रसारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोगों ने देखा और सराहा मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम सहित जिले के आला अधिकारी आंगनबाड़ी कार्यकत्री समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम को देखा बस्ती जनपद में जिलाधिकारी राजशेखर की अध्यक्षता में इस अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया

हमीरपुर में लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाइव प्रसारण को देखा और महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं के प्रति महिलाओं को जागरूक करना ही इस अभियान का उद्देश्य है उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा स्वास्थ्य शिक्षा और सम्मान से जुड़ी अनेक योजनायें चला रही है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा